गुमला लोहरदगा और जामताड़ा जिले में शहरी जलापूर्ति योजना के लिए विश्व बैंक तीन सौ त् करोड़ रुपए की मदद करेगा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

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष दो हजार बीस में भारत ने कई बदलाव देखें हैं मार्च अप्रैल में कोरोना महामारी की वजह से हालात तेजी से बिगड़े लेकिन दिसंबर आते आते देश इस महामारी से आगे निकल रहा है संकट की इस घड़ी में हमने जो सीखा है उससे भविष्य के संकल्पों को मजबूत किया है श्री मोदी भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ फिक्की की तिरानवीं वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इसका श्रेय किसानों उद्यमियों युवा वर्ग समेत सभी देशवासियों को जाता है महामारी के इस दौर में हमने लोगों के जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी इस दौरान भारत ने जो नीतियां बनाई और जो निर्णय लिए उससे पूरी दुनिया का विश्वास भारत पर मजबूत हुआ है उन्होंने कहा कि नए कृषक कानून देश के किसानों के हित में है सरकार किसानों के हित को लेकर प्रतिबद्ध है किसानों को नया बाजार विकल्प और खेती के वास्ते आध्रनिक तकनीकों का लाभ देने के लिए यह कदम उठाया गया है

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है यह अभियान क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने का बड़ा माध्यम है उन्होंने कहा कि यह सरकार उद्यमियों के सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए तेजी से आगे बढ़ रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में रिफोर्म्स हो रही है उससे विकास को एक नई दिशा मिल रही है एक सेक्टर के बढने से दूसरे सेक्टर का विकास होता है उन्होंने यह कहा कि पिछले क्छ महीनों में विदेशी निवेशकों ने यहां रिकॉर्ड निवेश किया है उन्होंने कहा कि डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल रिकॉर्ड तेजी से आगे बढ रहा है सिर्फ यूपीआई प्लेटफार्म पर ही चार लाख करोड़ रुपए तक ट्रांजैक्शन हो चुका है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लक्ष्यों और संकल्यों को लेकर सरकार की नीतियां स्पष्ट हैं इससे पहले श्री मोदी ने फिक्की के सालाना एक्सपो का भी वर्च्यअल उदघाटन किया

इस सिलसिले में कल उन्होंने विकास आयुक्त वित्त और कृषि विभाग के सचिव समेत अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की ऋण माफी को लेकर बजट में दो हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है श्री बादल ने यह भी कहा कि कृषि कानूनों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति बनाई गई है यह समिति संवैधानिक दायरे में केंद्र और राज्य सरकार के कृषि कानूनों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी जिसके आधार पर सरकार आगे की कार्रवाई करेगी

मुख्यमंत्री उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इनोवेटिव चीजों को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रीज प्रमोशन की टीम बनाने का निर्देश दिया श्री सोरेन ने कहा कि फुड प्रॉसेसिंग सेक्टर को बढावा मिलेगा उन्होंने बताया कि जल्द ही साइकिल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोला जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के शिल्पकारों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार समुचित कदम उठाएगी इस मौके पर उन्होंने उद्योग विभाग की योजनाओं और गतिविधियों की पूरी जानकारी अधिकारियों से ली कोविड महामारी से निपटने में भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की है देश में उपचार करा रहे कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या घटकर तीन दशमलव सात एक प्रतिशत रह गई है

इनमें एक लाख आठ हजार चार सौ अठासी लोग कोरोना को मात दे चुके हैं वहीं नौ सौ पंचान्बे लोगों की मौत हो च्की है फिलहाल एक हजार छह सौ चारान्बे संक्रमितों का इलाज चल रहा है इस तरह कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर संतान्बे दशमलव पांच आठ प्रतिशत पहुंच चुकी है इधर पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक सौ चौहतर नए संक्रमित मिले हैं जबकि एक सौ अडसठ लोग कोविड से स्वस्थ हुए हैं दो लोगों की मौत होने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा तिरान्बे मामले रांची से मिले हैं वहीं इसी जिले से ही सर्वाधिक पचहत्तर लोग स्वस्थ भी हुए हैं

जीएसटी फर्जी चालान के जरिये धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ नवंबर के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया था

इस योजना के तहत नदी अथवा डैम से पाइपलाइन के जरिए घरों में जलापूर्ति की जाएगी इससे करीब एक लाख तीस हजार लोगों को फायदा होगा गौरतलब है कि विश्व बैंक झारखंड नगर निकाय विकास परियोजना के तहत ग्यारह शहरों में पेयजलापूर्ति के सहायता राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दे चूकी है इनमें महागामा बड़हरवा कपाली छतरपूर हरिहरगंज वंशीधर नगर डोमचांच बड़की सरैया गोमियांधनवार और बचरा शामिल है

पहले चरण में पच्चीस विद्यालयों को सीबीएसई से मान्यता दिलाने की पहल स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शुरू कर दी है इन विद्यालयों में उच्च विद्यालयों और प्लस टी स्कूलों के शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया जाएगा इसमें वैसे शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें निजी विद्यालयों में पढ़ाने का अनुभव रहा है इसके साथ जरूरत होने पर घंटी आधारित शिक्षकों को भी नियुक्त किया जाएगा शिक्षकों की नियुक्ति अथवा प्रतिनियुक्ति के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना के निर्देशक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जा रहा है

परीक्षा की सूचना व्यक्तिगत ई मेल और एसएमएस के माध्यम से दी जायेगी

केंद्र सरकार द्वारा चयनित स्वास्थ्य कर्मियों को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से पुरस्कृत किया जाएगा सम्मानित होने वाले लोगों में हेल्थ सब सेंटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सक एएनएम और सहिया शामिल हैं इस वर्ष हेत्थ फोर ऑल प्रोटेक्टशन फोर एवरी वन थीम पर यह दिवस मनाया जा रहा है

इस दौरान राजधानी रांची समेत कई हिस्सों में अगले चार दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे कई इलाकों में गर्जन के साथ बारिश भी हो सकती है इस वजह से अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी इधर कोडरमा साहेबगंज गिरिडीह और चतरा समेत कई इलाकों में सुबह में कोहरा छाए रहने से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है

मुख्य न्यायधीश डॉ रवि रंजन और न्यायधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दूसरे कैथलेब के चालू किए जाने को लेकर जानकारी देने को कहा है

नामांकन के लिए फाइनल मेधा सूची का प्रकाशन बीस जनवरी को किया जाएगा

इन उदघोषकों में धनबाद के मोहम्मद फरीद रांची के विश्वजीत पात्रा और जमशेदपुर के श्याम शर्मा शामिल हैं